पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा

इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर जयपुर और अजमेर रेलवे स्टेशन शामिल है स्टेशनों को इको स्मार्ट बनाने के उददेश्य से कल केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जोधपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया बोर्ड की ओर से तीन सदस्यीय टीम ने स्टेशन पर पानी और हवा से हो रहे प्रद्षण के स्तर की जांच की टीम ने यात्रियों को स्टेशन पर उपलब्ध कराए जा रहे पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए वाटर कूलर्स और प्याऊ से पानी के सेम्पल लिए और उनकी जांच की टीम आज अजमेर जाएगी

कृष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव उन्मूलन विधेयक की प्रक्रिया में तेजी लाकर हम राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि अर्पित कर सकते हैं पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान में पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए केंद्रीय सहयोग अति आवश्यक है नई दिल्ली में कल आयोजित राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के वाइल्डलाइफ पर्यटन सर्किट के साथ साथ दो अन्य प्रोजेक्ट डेर्जट सर्किट और इको एडवेंचर सर्किटों का परीक्षण करवाकर जल्द मंजूरी दी जाए ताकि पर्यटकों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सके

पर्यटन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह कदम पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है

राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है इस संबंध में कार्मिक विभाग ने कल एक आदेश जारी कर दिया भूपेन्द्र सिंह दिसम्बर में सेवानिवृत होने वाले थे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में यह सरकार ने यह निर्णय लिया है

श्री गहलोत ने कल जयपुर में राजस्थान इनोवेषन विजन के तहत आयोजित हुए कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की शपथ भी दिलाई ऊर्जा विभाग और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि उद्योगपति अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के लिये आगे आयें

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक सप्ताह में इनके लिए जमीन चिन्हित करने के आदेश दिये हैं मुख्यमंत्री की इस बार की बजट घोषणा में इसे शामिल किया गया था

राजस्थान ने निःशुल्क दवा योजना में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य को ये रैंकिंग दी गई है

जयपुर से अलीगढ़ के लिए पहली सुपर लग्जरी वॉल्वो बस सेवा का शुभारम्भ हो गया है कल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे हरी झंडी दिखाई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोडवेज राजस्थान की जीवन रेखा है और इसे मजबूत करने के लिए एक हजार से अधिक नई बसें खरीदने ग्रामीण बस सेवा शुरू करने लोक परिवहन सेवा के नए परिमिट पर रोक लगाने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं

जलदाय विभाग द्वारा जयपुर शहर में पौराणिक धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मावठे को बीसलपुर परियोजना से पानी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है जलदाय मंत्री डॉ बी डी कल्ला के निर्देश पर विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने कल जयपुर में अधिकारियों से इस सम्बंध में विस्तृत चर्चा की श्री वर्मा ने निर्देश दिए कि इसकी कार्ययोजना का प्रारूप इस प्रकार तैयार हो जिससे कि आमेर शहर में पेयजल की कोई समस्या नहीं आए और मावठे को भी पानी उपलब्ध कराया जा सके

अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस यातायात पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सडक सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनुपालना पर विषेष ध्यान दिया जायेगा

ब्यूरो की निदेषक ऋत् शक्ला ने बताया कि इन विषेष कार्यकमों का मकसद आमजन विषेषकर युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी देना है ताकि उनमें राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो सके

्प पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा ्र प्रदेश के सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक हजार वर्गगज क्षेत्र में बनाए जाएंगे अंबेडकर भवन ् प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए कल से चलाया जाएगा विशेष अभियान